प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर प्रधानमंत्री कल मण्डी जबकि राहुल गांधी ऊना में करेंगे चुनावी जनसभाएं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराध के मामलों में हुई वृद्धि

मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार सत्ता सम्भालते ही ईमानदारी से प्रदेशवासियों की सेवा करने का प्रयास कर रही है जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया है सिरमौर जिले के रोहनाट और पांवटा साहिब के ज्वालापुर में आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो घोषणाएं की थी उन्हें पूरा किया गया है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए करोड़ों रूपए की सहायता दी है मुख्यमंत्री ने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए लोगों से सहयोग मांगा जयराम इस बीच शिमला से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं में न ईमानदारी है और न ही विज़न है ऐसे में देश के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और सभी महत्वपूर्ण त्यौहार सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ मनाए जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कथित आपत्तिजनक बयान पर राहुल गांधी को आखिरकार अदालत में बिना शर्त माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा है

भाजपा व कांग्रेस दोंनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता व स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं इसी के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मण्डी में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे प्रदेश भाजपा महासचिव चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया कि इस दौरान जयराम ठाकुर सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहेंगे उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल ऊना में रैली के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे

भाजपा प्रचार इधर मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने आज मण्डी सदर निर्वाचन क्षेत्र से विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को सम्बोधित किया इस मौके उन्होंने पूर्व मंत्री पंडित सुखराम व अनिल शर्मा को विकास के नाम पर श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी है उधर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने ऊना निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती के साथ चुनाव प्रचार किया इस मौके उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब जनता लोकसभा चुनाव में देगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से हर वर्ग की जिन्दगी में बदलाव आया है इधर शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर जनसम्पर्क अभियान के तहत चुनाव प्रचार किया इस मौके उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है और केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण लोग नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं उधर कांगड़ा संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर ने ज्वालामुखी निर्वाचन क्षेत्र के कई स्थानों पर कई सभाएं कीं कांग्रेस प्रचार मण्डी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने आज चम्बा जिले के पांगी और लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलांग में चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि रोहतांग टनल निर्माण में पंडित सुखराम का अहम योगदान रहा है आश्रय शर्मा ने कहा कि वे आज मण्डी संसदीय क्षेत्र से सुखराम के पौत्र और अनिल शर्मा के बेटे के रूप में सामने आए हैं लेकिन सांसद बनने के बाद वे अपने काम के बल पर लोगों के बीच आएंगे इस मौके पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए अपने पौत्र आश्रय शर्मा के लिए लोगों से सहयोग मांगा इधर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर चुनाव कार्यक्रमों के जरिए लोगों से संवाद कर समर्थन मांगा कांगड़ा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल ने नुरपूर व गंगथ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया रजनी पाटिल कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि पिछले एक साल में हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और महिला सुरक्षित नही हैं

इस अवसर पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल आकर जो वायदे किए थे वो आज तक भी पूरे नहीं हुए हैं

चम्बा में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश स्तरीय सभी वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं और उन्होंने कहा कि पांच साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के आम गरीब वर्ग को लाभान्वित किया है बाद में तीरथ सिंह रावत ने चौगान में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अमित शाह की रैली की तैयारियों का जायजा लिया खुशाल सिंह ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पांच वर्षो में देश राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद और सेना के मान सम्मान के मुद्दों पर आगे बढ़ा है

उन्होंने कहा कि फोरलेन संघर्ष का मुद्दा बंद नही हुआ है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पर कोई भी फैसला जरूर लेंगे मुख्य सचिव प्रदेश में वनों को आग से बचाने के लिए त्वरित रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा जो गृह रक्षकों की मदद से वनों की आग को बुझाएगी

मुख्य सचिव ने बताया कि ये टीम बिना किसी विलम्ब के आपात काल में वनों की आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होगी बीके अग्रवाल ने कहा कि सड़कों के साथ लगने वाले वन क्षेत्रों में फायर बिग्रेड को हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं

पांगी से जारी एक प्रैस बयान में संचारी के वार्ड सदस्य मेघनाथ राणा और छतर सिंह राणा ने सरकार से बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल में जल्द अध्यापकों की कमी को पूरा करने की मांग की है